मंत्रालय ने पिछले वर्ष जून मे देश और विदेश में योग के प्रचार व प्रसार में मीडिया के योगदान को रेखांकित करने के लिए इस प्रस्कार की श्रूआत की थी

इस अवसर पर समरोह को समबोधित करते हये श्री जावेइकर ने कहा कि योग दुनिया में भारत की पहचान है और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतरीन संग है

श्री जावेइकर ने कहा कि यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह समाज मे अच्छी बातों का प्रचार करें उन्होंने योग के बारे में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका की सराहना की इस अवसर पर आय्ष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि यह पहल मीडिया के कार्य को पहचान देने के लिए संकारात्मक कदम है

दोषियों को डेथ वांरट अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सतीश क्मार अरोड़ा जारी किये गये

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना पहला औपचारिक बजट पेश करने से पहले कल ग्रूग्राम में बजट से परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हये बताया कि कल ग्रूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह मे सेवा क्षेत्र और रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ परामर्श बैठके निर्धारित की गई है

इस अवसर पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम से लेकर लघ् सचिवालय तक रन फार युथ युथ फार नेशन मैराथन का आयोजन किया जायेगा

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार राज्यमंत्री कमलेश ांडा ने कहा है कि नागरिकता संशोध्न कानून मानवता की भलाई के लिए है यह कानून किसी की नागरिकता को छीने के लिए नहीं बल्कि देश में प्रताब्रिम होकर आये अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है विपक्षी दल अपनी राजनीति रोटियों सेकने के लिए जनता में भामक प्रचार कर रहे है जोकि उचित नहीं है

राज्य मंत्री आज कैथल में नागरिकता संशोधन के पक्ष में चलाये गये जन सम्पर्क अभियान व पैदल मार्च का श्भारंभ करने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की सम्बोधित कर रही थी इस मौके पर स्थानीय विधायक लीला राम ग्र्जर सहित अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के व्यक्ति भी मौजूद रहे राज्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश मे पीडि़त अल्पसंख्यकों को भारत में शरण मिलेगी

हरियाणा सरकार ने कल होने वाली हड़ताल को अन्चित करार दिया है

अधर सिरसा में आज रोडवेज कर्मचारियों ने एक बैठक में घोषणा की कि कल की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा और एक भी रोडवेज की बस सड़क पर नहीं उतरेगी हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने बताया कि हरियाणा के परिवहन मंत्री दवारा रोडवेज कर्मियों की कुछ मांगों पर सहमति जताई गई और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया है इसलिए रोडवेज तालमेल कमेटी उनका आभार व्यक्त करती है उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री ने उन्हें रोडवेज बेड़े में बसे शामिल करने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य मांगों पर सहमति व्यक्त की है

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में परसों रात से श्रू हई बारिश लगातार जारी है जिससे पारा नीचे चला गया है मौसम विभाग के अन्सार आज दोनों राज्यों के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है पंजाब और हरियाणा में रात के तापमान मे कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया जबकि दिन के तापमान कई जगह पर सामान्य से कम चल रहा है मौसम विभाग ने आज रात और कल भी हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की है